कोरोना प्रभावित कांगड़ा ज़िले में सरकार ने की लॉकडाउन की घोषणा विधानसभा में कल बजट पारित होने के साथ ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होगा सत्र

प्रदेशभर में आज सड़कों पर दिनभर सन्नाटा छाया रहा और जरूरी सेवाओं को छोड़ कर सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे

स्थानीय व्यापार मंडल ने अगले दो दिन भी शहर में बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है सोलन जिले में पुलिस और एम्बुलेंस वाहनों के अलावा बसों व निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही चम्बा कुल्लू सिरमौर बिलासपुर हमीरपुर सहित केलंग व रिकांगपिओ में भी बाजार बंद रहे और ग्रामीण इलाकों में भी लोग आवश्यक कार्य को छोड़ कर घरों से बाहर नहीं निकले

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में प्रदेश के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी जनता कर्फ्यू के लिए लोगों का आभार जताया है अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काम के सिलसिले में अन्य शहरों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वे जहां हैं वहीं रहें

प्रधानमंत्री ने लोगों से किसी भी प्रकार की यात्रा से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं लॉकडाउन सरकार ने कांगड़ा ज़िले में कोरोना के दो मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन की घोषणा की है इसके तहत ज़िले में सभी लोग घरों में ही रहेंगे इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर सभी दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रहेंगे उल्लेखनीय है कि विदेश यात्रा से लौटे कांगड़ा ज़िले के दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए हैं

ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं ज़रूरी सेवाओं और खाद्य पदार्थो की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होगा इस दौरान ज़िले में सभी पैट्रोल पम्प रसोई गैस एजेंसी बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा जारी रहेगी बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने जनता से अपील की है कि वे बैंकों में तभी जाएं जब ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो एसोसिएशन ने कहा है कि कल से बैंकों में केवल नकदी जमा और निकासी चैकों का समाशोधन प्रेषण और सरकारी लेन देन ही किया जाएगा और गैर जरूरी बैंकिंग गतिविधियां निलंबित रहेंगी बजट सत्र कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विधानसभा का बजट सत्र कल अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ फोन पर हई बातचीत के बाद इस संबंध में सहमति बनी है

करीब एक घंटे तक चलने वाली कार्यवाही में आगामी वित्त वर्ष का बजट पारित किया जाएगा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र पहली अप्रैल तक चलना था सुझाव केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बुनियादी सुझाव दिए हैं लोगों को भीड़ से बचने को कहा गया है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के निकट सम्पर्क में न जाने की सलाह दी गई है कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्प लाइन नम्बर है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को भी पूरी तरह लॉक डाउन करने की मांग की है उन्होंने कहा कि इस दौरान खाद्यान्न की कोई कमी न हो इसे भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए दूसरी ओर माकपा नेता संजय चौहान ने रिथिति की गम्भीरता को देखते हुए सरकार से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं सहित खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने का आग्रह किया है आभार मुख्यमी जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के आहवान पर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार जताया है हैल्पलाइन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों और अमिभावकों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए एक टॉल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है इस हेल्पलाइन का नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक आठ शून्य शून्य चार

चेतावनी प्रदेश में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि प्रशासन सोशल मीडिया की लगातार निगरानी कर रहा है और फेक न्यूज वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उधर हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा के अनुसार कोरोना संक्रमण के खतरे की झूठी सूचना या चेतावनी से लोगों में भ्रम व भय की स्थिति बन रही है उन्होंने कहा कि दोषियों को अधिकतम एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है एफआईआर कांगड़ा ज़िला प्रशासन ने कोरोना की गम्भीरता को देखते हुए उपायुक्त के आदेशों के उल्लंघन पर देहरा उपमण्डल के एक निजी स्कूल पर एफआईआर दर्ज की है देहरा के एसडीएम धनबीर ठाकुर ने बताया कि आदेशों के बावजूद स्कूल खुला रखा गया और विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी करवाई गईं

मॉकड्डिल ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना को लेकर आज मॉकड्रिल का आयोजन किया गया इस दौरान डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को कोरोना के संदिग्ध लोगों के सैंपल लेने और उनके साथ बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई